योज़ना के लिए वे लोग पात्र होंगे जो ईएसआई ईपीएफ एनपीएस योज़ना के तहत नहीं आते हैं योज़ना का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को लोकमित्र केन्द्र में आवेदन करना होगा इस मौके पर उद्योग श्रम व रोज़गार मंत्री बिकम सिंह भी मौजूद रहेंगे

हमारे संवाददाता के अनुसार छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर में मुख्य देवता कमरूनाग अपने गुरों के साथ मंडी पहुंच गए हैं मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे मुख्यमंत्री माधोराय मंदिर से देवी देवताओं के साथ शोभा यात्रा में शामिल होंगे इस दौरान मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे

उपायुक्त अश्वनी कृमार चौधरी ने बताया कि जिले में भारी बर्फबारी से फिलहाल सड़कें अवरूद्व हैं और संचार व्यवस्था ठप्प होने से योजना के लाभार्थियों तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं उन्होंने कहा कि सड़कें खुलते ही किसानों को योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा

उडान लाहौल स्पिति ज़िले के सासे हैलीपैड से आज हैलीकॉप्टर की चार उड़ानें होंगी कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा ने बताया कि पहली उड़ान सासे तिंदी तिंगरिट दूसरी सासे रावा सटींगरी तीसरी सासे से गोंदला और चौथी उड़ान सासे डाईट के बीच होगी उन्होंने घाटी से बाहर आने वाले लोगों को सासे हैलीपैड पहुंचने को कहा है ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी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

किन्नौर जिले के नमग्या डोगरी नाले में पिछले दिनों हिमखंड में दबे जवानों के रैस्क्यू से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमखंड में दबने से पश्चिम बंगाल के गाबिंद छेत्री शहीद दिव्य हिमाचल व दैनिक जागरण के एक जैसे शब्द हैं किन्नौर में दबे एक और जवान का शव बरामद दैनिक भास्कर की एक खबर है पीजी के बाद पांच साल तक नौकरी नहीं छोड़ सकेंगे डॉक्टर डॉक्टरों की कमी को खत्म करने के लिए जल्द बनेगा एक्ट प्रदेश में आर्थिक तौर पर पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को दस फीसद आरक्षण पर अजीत समाचार लिखता है कैबिनेट सब कमेटी ने सामान्य वर्ग के लिए दस फीसदी आरक्षण देने पर तैयार की रिपोर्ट दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है हिमाचल में दस फीसद आरक्षण के मापदंड तय

मौसम पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है दो दिन राहत फिर बरसेगा आसमान

नमस्कार